मुम्बई में उन्होंने बताया कि इन कम्पनियों से सरकार ने जवाब मांगा है

गौरतलब है कि अखिल भारतीय व्यापारिक परिसंघ ने इन दोनों कम्पनियों के खिलाफ सरकार को जांच के लिए शिकायत की थी ऊर्जा मंत्री डा बीडी कल्ला ने कहा है कि प्रदेश में पांच साल तक किसानों की बिजली दरों में बदलाव नहीं किया जायेगा लेकिन आम उपभोक्ताओं की बिजली दरें नियामक आयोग ही तय करेगा डा कल्ला ने कहा कि नियामक आयोग एक स्वतंत्र आयोग हैं उसमें सरकार की कोई दखलंदाजी नहीं होती है उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के साथ अपने उस वादे पर अटल है जिसमें पांच साल तक बिजली की दरें नहीं बढाने को कहा गया था

उन्होंने कहा कि रबी की फसल के लिये किसानों को पूरी बिजली देने की तैयारी कर ली गई है प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आगामी दिसम्बर से उपभोक्ताओं को गेहूं हर महीने लेना अनिवार्य होगा खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीणा ने बताया कि प्रदेश में दिसम्बर से पिछले छटे हुए माह की राशन सामग्री प्रचलित माह के साथ वितरण करने की व्यवस्था समाप्त कर दी जायेगी नये नियम के अनुसार लाभार्थियों को उचित मूल्य की दुकान से गेहूं प्रतिमाह लेना जरूरी होगा उन्होंने बताया कि अगर कोई लाभार्थी दिसम्बर में राशन सामग्री नहीं लेता है तो उसे जनवरी में दिसम्बर माह की बकाया रसद सामग्री का वितरण नहीं किया जायेगा श्री मीना ने बताया कि प्रदेश में राशन पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था पहले की तरह ही लागू रहेगी जिसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से राशन सामग्री प्राप्त कर सकता है